डिंडोरी में कलेक्टर बी कार्तिकेय ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिये सभी अधिकारी और कर्मचारियों को अवकाश से लौटने पर अनिवार्य रूप से कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश दिये हैं

उन्होंने लोगों से दो गज की दूरी का पालन करने समय समय पर हाथ धोने और मास्क लगाने की अपील की है

यह पर्व शनिवार सवेरे उदय होते सूर्य को अर्ध्य देने के बाद संपन्न होगा छठ पर्व सूर्य की उपासना का त्योहार है कल खरना मनाया जाएगा

श्रद्धालु शुक्रवार को अस्त होते हुए सूर्य को संध्या अर्घ्य अर्पित करेंगे इधर प्रदेश में भी छठ पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है जबलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि छठ पर्व पर शहर के नर्मदा घाटों पर पूजन के लिये विशेष इंतजाम किये गए हैं

यह सघन चैकिंग अभियान पूरे जिले के शहरी और देहात क्षेत्रों में एक साथ चलाया जाएगा एएसपी ट्रैफिक संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि अभियान का मकसद नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है

इस बुलेटिन के अंत मे एक अपील हमेशा ध्यान रखे मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी